मध्यप्रदेश बोर्ड की हायर सेकेण्ड्री परीक्षाएं कल से शुरू होंगी

आर्थिक स्थिति देश के सही दिशा में बढ़ने के संकेत दे रही है कहा केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में सुनिये बैतूल के दो युवाओं द्वारा खेती आधारित व्यवसाय को लाभ का धंधा बनाने पर खास रिपोर्ट गृहमंत्री सीएए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अल्पसंख्यक समुदायों को आश्वासन देते हुए कहा है कि देश में संशोधित नागरिकता कानून सीएए के लागू होने से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी उन्होंने आज कोलकता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह कानून नागरिकता लेने के लिये नहीं बल्कि नागरिकाता देने के लिये है श्री शाह ने कहा कि सरकार विपक्ष के लगातार दबाव के बावजूद पड़ौसी देशो से विस्थापित हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिये वचनबद्ध है उन्होंने अगले कुछ महीनों में अयोध्या में राम मंदिर बन जाने और इस उद्देश्य के लिये न्यास बोर्ड के गठन का जिक भी किया श्री शाह ने मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह सभी मोर्चो पर विफल रही है प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शहडोल जिले के शासकीय हाई स्कूल में संचालित कल्पना चावला विपनेट क्लब को विज्ञान के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिये ऑल इंडिया प्लेटिनम केटेगिरी में शामील किया गया है इस केटेगिरी में शामिल होने वाला प्रदेश का यह एक मात्र विद्यालय है इस विद्यालय में विज्ञान के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्यक्रम वर्षभर चलते रहते हैं बोर्ड परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी की परीक्षायें कल दो मार्च से शुरू हो रही है वहीं हाईस्कूल की परीक्षायें मंगलवार तीन मार्च से शुरू होंगी

परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किये हैं इसके लिए परीक्षा केन्द्रों पर दो बार परीक्षार्थी की तलाशी ली जायेगी इस वर्ष एक नया प्रयोग करते हुए मण्डल ने परीक्षाकेंद्रों के बाहर एक पेटी रखवाई है जिसमें छात्र परीक्षा शुरू होने से पहले नकल सामग्री डाल सकते हैं

वे यहां किसान सम्मान सम्मेलन में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दो लाख रूपये तक के ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित करेंगे

उन्होंने आज चंडीगढ़ में कहा कि यह अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार होने का संकेत है

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए हैं श्री ठाकुर ने कहा कि आर्थिक संकेत यह बता रहे हैं कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है दुर्घटना सिंगरोली जिले में बैढ़न के पास गनियारी में आज सुबह एनटीपीसी की कोयला लदी मालगाड़ी की एक अन्य मालगाड़ी से टक्कर हो गई इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई वहीं रेलगाड़ी के कई डिब्बे और इंजन क्षतिग्रस्त हुए हैं वहीं दूसरी ओर नरसिंहपुर जिले के घांटपिंडरई रेलवे स्टेशन पर सेंटिंग के दौरान सवारी गाड़ी की एक बोगी कल रात पटरी से उतर गई इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है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

इस कार्यक्रम में हितग्राहियों को अंतिम किश्त का वितरण विधायक आलोक चतुर्वेदी करेंगे

जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिये ऑनलाइन पंजीयन अवश्य कराए छतरपुर जिले के बिजावर में विधायक राजेश शुक्ला ने पिपरिया जलाशय योजना का भूमिपूजन किया इस योजना से आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांव को लाभ मिलेगा

घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है